किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई सॉयल हेल्थ कार्ड योजना से प्रदेश के किसानों को मिल रही अच्छी फसल सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने के बाद रामगढ़ के रीठा गांव के किसानों की आय बढ़ी प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों को मिल सकती है राहतमौसम विभाग के मुताबिक नौ सितंबर के बाद बारिश में कमी होने की संभावना स्लग शिक्षक दिवस दिल्ली आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी है राष्ट्रपति श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि गुरु शिष्य परम्परा भारतीय संस्कृति और विरासत की विशिष्ट पहचान रही है

यह पुरस्कार प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है

इस वर्ष निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से शिक्षकों का चयन करने के लिए नये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका होती है श्री नायडू ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत और मित्रवत व्यवहार रखने को कहा

जबकि पांच शिक्षक संस्कृत शिक्षा से हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सम्मानित शिक्षकों को दस हजार नकद प्रशस्ति पत्र स्वामी विवेकानंद की जीवनी और पीएम मोदी की मन की बात की पुस्तक प्रदान की राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि वह उत्तराखंड का भविष्य बना रहे हैं राज्यपाल ने शिक्षण में तकनीकी के समावेश पर जोर दिया बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक उन्हें ज्ञान और अनुशासन दें

वहीं शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री ने समारोह में कविता सुनाकर शिक्षकों को प्रेरित किया उन्होंने कहा कि इस बार का बोर्ड परीक्षाफल शिक्षकों की मेहनत को दर्शाता है शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार इसी उत्कृष्टता का परिणाम है

सॉयल हेत्थ कार्ड योजना के तहत जिन किसानों ने अपनी भूमि का परीक्षण करवाया है वह आज वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अच्छी फसल का उत्पादन कर रहे हैं

किसान मनोज जोशी का मुख्य व्यवसाय क्रषि है

मनोज ने बताया कि सॉयल हेत्थ कार्ड बनवाकर उन्होंने खेतों में फल के बगीचे लगवाए और मौसमी सब्जी का उत्पादन कार्य शुरु किया है उनका कहना है कि शुरुआती चरण में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉयल हेत्थ कार्ड योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा था वो अब धरातल पर साकार होता नजर आ रहा है

मौसम विभाग के मुताबिक नौ सितंबर के बाद बारिश में कमी आयेगी वहीं अगले कुछ दिनों तक कुमाऊं के अधिकांश और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है बारिश से राज्य के पर्वतीय इलाकों में जगह जगह सड़कें बाधित हैं देहरादून टिहरी चमोली अल्मोड़ा बागेश्वर समेत पहाड़ी जनपदों में कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं जिन्हें खोलने की कार्रवाई जारी है

इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धासुमन अर्पित किये वक्ताओं ने डॉ राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया लेकिन शिक्षक के रूप में कई शिक्षण संस्थाओं को अपनी सेवा दी डॉ राधाकृष्णन ने आजादी के बाद यूनेस्को में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में देश में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किये

अपर जिलाधिकारी कैलाश सिंह टोलिया ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम को और भव्य बनाने का प्रयास किया जाएगा प्रभातफेरी और रैली के अलावा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा वहीं खूंट में होने वाले कार्यक्रम में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जायेगा साथ ही जगह जगह छात्रों के लिए क्विज कॉन्टेंस्ट और निबंध प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी स्लग प्रकाश पंत वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि कुमाऊं के बारदोली सल्ट क्षेत्र को उसके महान त्याग और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जायेगा अल्मोड़ा के खुमाड़ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्वांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि यहां के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान दिया